उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए प्रधानमंत्री अपने परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे एक सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि विफलता में भी सफलता का रास्ता ढूंढा जा सकता है उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते है प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि अस्थाई विफलता का यह मतलब नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्तव में विफलता का मतलब है कि आपका सबसे अच्छा योगदान आना अभी बाकी है

श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक विफलता से व्यक्ति कुछ सीखता है प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण है आज के कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावको ने भाग लिया बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य डॉ आर जी आनंद ने अरुणाचल प्रदेश में बाल अधिकार आयोग की अनुफलवधता पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से राज्य बाल अधिकार आयोग को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने का आग्रह किया ये बात डॉ आनंद ने गत शुक्रवार को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश में नवजात शिश् और बाल चिकित्सा देखभाल में उपलब्ध सुविधाओं एवं स्थिति देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अंतराल एवं राज्यों का विश्लेषण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा सह परामर्श बैठक में कही

चेन्नई में नानी पालकीवाला शताब्दी व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था कोई अमूर्त विचार नहीं है बल्कि यह व्यावहारिक है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार का विश्वास क्रांतिकारी बदलाव वाला वृद्धि में है उन्होंने कहा कि भारत में डिजीटल लेनदेन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी से पूरे विश्व को प्रेरणा मिली है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य इन उद्यमों को अधिक कुशल और सक्षम बनाना है वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थ व्यवस्था अस्पष्ट नहीं बल्कि स्पस्ट नियमों पर आधारित है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कल ईटानगर में बच्चों को पोलियों ड्रॉप्स पिलाकर सघन पल्स पोलियों टीकाकरण का शुभारंभ किया समारोह को संबोधित करते हुए श्री लिबांग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों को आई पी पी आई के तहत लाभार्थियों के शत प्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि शून्य से पांच वर्ष की आयु के किसी भी बच्चे को टीका से वंचित नहीं किया जाना चाहिए

राज्य में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आगामी मंगलवार तक चलेगा ईटानगर में आज से तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियों जागरुकता कार्याशाला की शुरुआत हुई कार्याशाला का आयोजन केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय स्मार्ट एन जी ओ के सहयोग से कर रहा है कार्यशाला का उद्देश्य इच्छुक संगठन को सामुदायिक रेडियों इनके प्रयोग ऑपरेशन पहलुओं आदि के धारणाओं के बारे में जागरुक करना है ताली विधायक जिक्के ताकों ने कहा है कि क्रा दादी जिला का सबसे द्ररस्थ क्षेत्र ताली कल बी एस एन एल सेलुलर नेटवर्क सेवा से जुड़ गया है